मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के विकास के लिए लोगों से मांगे सुझाव

महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई

सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने चम्बा जिले के करियां में कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष वर्षा व बर्फबारी से जहां बागवानी क्षेत्र को नुकसान हुआ है वहीं सड़कें पेयजल और सिंचाई योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं

ऊना ज़िले के हरोली में हुए जनमंच कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आम आदमी के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं

सिरमौर ज़िले का जनमंच कार्यक्रम शिलाई क्षेत्र के सतौन में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी की अध्यक्षता में हुआ उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति की समस्या को गम्भीरता से सुनकर इसके निपटारे के लिए कदम उठाए जाते हैं इधर सोलन ज़िले के दाड़लाघाट में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने जनता से जनमंच का महत्व समझने और अपनी समस्याएं व शिकायतें लाने का आग्रह किया भारद्वाज ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी है अनमोल योजना के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया कांगड़ा ज़िले में जसवां परागपुर के शांतला में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने जन समस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं का घरद्दार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है बिलासपुर के गाहर में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने जन समस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम से अधिकारियों की कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ी है

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने मण्डी ज़िले के गागल में कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा वीरेन्द्र कंवर ने एक ब्रूटा बेटी के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने शिमला ज़िले के कुमारसैन में जनमंच कार्यक्रम में कहा कि ये कार्यक्रम जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद कायम करता है उन्होंने बताया कि आज कार्यक्रम में अधिकतर समस्याएं मौके पर ही निपटाई गईं जबकि विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं हमीरपुर का ज़िलास्तरीय कार्यक्रम नादौन क्षेत्र के गलोड़ में आयोजित किया गया परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि जनमंच में लोगों की सहभागिता बढ़ रही है और मुख्यमंत्री स्वयं इन कार्यक्रमों की निगरानी कर रहे हैं कुल्लू ज़िले के बड़ा भूईन में हुए कार्यक्रम में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में जनमंच का सफल आयोजन हो रहा है उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हो गया है कि देश के अन्य राज्य भी इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल समाज के हर वर्ग के कल्याण और एक समान विकास के लिए समर्पित रहा है चण्डीगढ़ में आज हिमाचल महासभा के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं के लिए आम जनता के सुझावों के अनुसार ही प्राथमिकताएं तय कर रही है मुख्यमंत्री ने इस दिशा में चण्डीगढ़ में रहने वाले हिमाचली नागरिकों से भी सुझाव देने का आग्रह किया हिमाचल महासभा के अध्यक्ष सतीश कुमार ने सभा के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार से भवन निर्माण के लिए जल्द भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया शहीद किन्नौर जिले में ग्लेशियर की चपेट में आने से शहीद हुए सोलन जिले के जवान राजेश ऋषि का आज नालागढ़ क्षेत्र में उनके पैतृक गांव जगतपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया शहीद राजेश ऋषि के भाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए अंतिम संस्कार से पहले सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद को सलामी दी ज़िला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी विवेक चंदेल ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी

संवेदना इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद राजेश ऋषि के परिजनों से गहरी संवेदना जताई है शहीद परिवार के सदस्यों से दूरभाष पर बातचीत में उन्होंने परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के सुधार और विस्तार पर जोर दिया जा रहा है राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने को प्रयासरत है बिंदल सिरमौर ज़िले के पांवटा में संत निरंकारी मिशन के रक्तदान शिविर का आज विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा समाज में समरसता का भाव पैदा किया जा रहा है जिसके लिए निरंकारी मिशन बधाई का पात्र है बिंदल ने कहा कि रक्तदान एक पुण्य का कार्य है जिसमें सभी को सहयोग देना चाहिए बधाई राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएगा अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि महाशिवरात्रि का पर्व आपसी प्रेम व भाईचारे के रिश्ते को मज़बूत करने में सहायक सिद्ध होगा समस्या कुल्लू ज़िला मुख्यालय से लगघाटी की ओर जाने वाली सड़क की खस्ता हालत से स्थानीय लोग इन दिनों परेशान हैं लोगों का कहना है कि भारी वर्षा से सड़क जगह जगह क्षेतिग्रस्त हुई है जिससे सफर करना चुनौती भरा है एक रिपोर्ट बारिश के कारण कल्लू ज़िला की लग घाटी में सड़को की खस्ता हालत से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र में कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं वहीं जगह जगह ड़गे और खेत गिर गए हैं

डंगों के गिरने से इस क्षेत्र में सड़क किनारे बने कई मकानों को भी खतरा हो गया है मांग उड़ान लाहौल स्पीति ज़िले के टिंगरेट और रावा के लिए आज प्रस्तावित तीनों उड़ानें न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों ने उड़ान न होने पर सरकार के खिलाफ रोष जताया है स्पीति भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष पलजोर बौद्ध ने सरकार से लोसर के लिए जल्द उड़ान करवाने और लोसर काजा मार्ग से बर्फ हटाकर इसे जल्द बहाल करने की मांग की है

ये उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि स्वामी दयानन्द की शिक्षाएं आज के समय में अधिक प्रासंगिक हैं हरियाणा के कैथल में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वामी दयानन्द ने मानवता की बात कही और आजीवन समाज सुधार का कार्य किया राज्यपाल ने आर्य समाज के विचार गांव गांव तक पहुंचाने पर बल दिया

पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने आज एक बयान में कहा कि ऐसा न होने पर पार्टी के दिशा निर्देशों की अवहेलना समझी जाएगी उन्होंने उम्मीद जताई कि ये रैली प्रदेश सहित देशभर में कांग्रेस की आवाज़ को मज़बूत करेगी धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने हमीरपुर ज़िले में सुजानपुर के ख्याह में आज भाजपा मण्डल के कार्यक्रम में लोगों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है